स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूतमंद महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से आम जनता को लाभान्वित करना है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है जिससे लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में माल रोड़ के समीप एक डेंटल क्लीनिक के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही

इस बीच शिक्षा मंत्री ने गेयटी थियेटर में निजी स्कूल समिति व संघ द्वारा आयोजित कार्यक्षता भी की

वीरेन्द्र कंवर पशु व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं से पशु पालन व्यवसाय के साथ जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को बतौर स्वरोजगार अपनाने पर बल दिया है वे आज ऊना जिला के थानाकलां की पलाहटा पंचायत के बीपीएल परिवारों को बीपीएलबकरी पालन योजना के तहत बकरियां वितरण के अवसर पर बोल रहे थे

बाद में ऊना में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ करते हुए वीरेन्द्र कंवर ने सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शुरू की गई सांसद मोबाईल हैल्थ सेवा की सराहना की उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं के स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की जांच निशुल्क की जा रही है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति जिले की तोद घाटी के योचे दारचा छीकारारिक सहित विभिन्न गांवों में जनसमसयाएं सुनीं बाद में केलंग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसल के समर्थन मूल्य बढ़ाने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही आलू प्याज व टमाटर पर पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था सरकार के जनमंच कार्यक्रम को सफल बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि गांव स्तर पर जन समस्याओं का त्वरित निदान करने में ये कार्यक्रम कारगर सिद्ध हो रहा है

गोबिंद प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में इलैक्ट्रिक वैन सुविधा आरंभ करेगी और समय व मांग के अनुसार इन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज सोलन के पुराने बस अड्डे से पथ परिवहन निगम की इलैक्ट्रिक वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि ये इलैक्ट्रिक वैन प्रद्षण कम करने में सहायक सिद्ध होगी परिवहन मंत्री ने निगम को निर्देश दिए कि इन इलैक्ट्रिक वाहनों की समय सारिणी व पथ संचालन मांग के अनुसार होना चाहिए इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे